पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड में शहीद हुए झुंझुनूं के जवान श्योराम का आज राजकीय सम्मान के साथ किया जायेगा अंतिम संस्कार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे श्री मोदी दुनिया के पहले डीजल से बिजली में परिवर्तित उच्च होर्स पावर के टिवन रेल इंजन को हरी झंडी दिखायेंगे

ये पर्यावरण के अनुकुल है इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा और भारतीय सेना सही समय का चुनाव कर इसका माकूल जवाब देगी जयपुर में कल भाजपा के शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपनायी है

उन्होंने पुलिसकर्मियों से साइबर दुनिया से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए अपनी कार्य कुशलता बढाने का आह्वान किया श्री सिंह कल नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस के साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन सेंटर सी वाई पेड का उद्घाटन करने के बाद लोगो को संबोधित कर रहे थे

गौरतलब है कि कल पुलवामा में आतंकी मुठभेड के दौरान सुरक्षाबलों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के षडयंत्रकारी कामरान को मार गिराया इस मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी सहित चार सैन्यकर्मी भी शहीद हुए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद संतोष अहलावत ने ट्विट कर श्योराम की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है मनिलोड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर पूछताछ के लिये फिर सम्मन भेजा है ईडी ने वाड्रा को आज पेश होने को कहा है लंदन में बेनामी संपत्ति मामले में ईडी वाड़ा से प्रछताछ कर रही है

गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हई रिजर्व बैंक बोर्ड की बैठक में ये फैसला हुआ है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बोर्ड ने देश की मौजूदा आर्थिक हालात की समीक्षा की और आरबीआई वित्तीय आंकलन सीमित आंकलन के आधार पर लाभांश की राशि का फैसला किया गया है यह लगातार द्रसरा साल होगा जब रिजर्व बैंक सरकार को लाभांश का भुगतान करेगा पिछले वित्त वर्ष में दस हजार करोड रूपये का लाभांश दिया गया था इधर बैंक नीतिगत दरों में इस महीने के आरंभ में की गयी कटौती का लाभ ग्राहकों को देने के लिए अन्य बैंकों से कहेगा श्री दास ने बताया कि यह महत्त्वपूर्ण है कि ब्याज दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहँचे

राज्य के प्रसिद्ध बेणेश्वरधाम में आज माघ पूर्णिमा पर होने वाले मुख्य मेले का आयोजन किया जा रहा है आदिवासियों के इस प्रसिद्ध मेले में राजस्थान के साथ पडोसी राज्यों के श्रद्वालु भी शामिल होते है

इस अवसर पर सेना के जवानों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा